प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत लोकसभा मे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता आनंद शर्मा ने बैठक में भाग लिया तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव तेलुगुदेशम पार्टी के जयदेव गल्ला और वी विजय सांई रेड्डी भी बैठक में मौजूद थे संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोर्शी ने बैठक के बाद बताया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है

उसके अलावा दो अध्यादेश है वो अध्यादेश को हमको पारित करना है और उसके अलावा जो नया बिल आने वाला है उसके बारे में हम अपोजिशन को अवगत भी किया है

उसमें माननीय राष्ट्रपति जी माननीय उपराष्ट्रपति जी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ये सब लोग रहने वाले हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी ज्वलंत मुद्दों को संसद में उठायेगी और दोनों सदनों की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सरकार के साथ सहयोग करेगी कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दलों को सदन ैकी कार्य मंत्रणा सभिति में चर्चा के बाद कोई भी मुद्दा उठाने की अनुमति होगी हम सब मिलकर कोशिश करें कि सदन सुचारू रूप से चले व्यवस्थित रूप चले अच्छी वाद विवाद हो वर्चा हो जनता के मुद्दे यहां पर उठाए जाएं और ँसभी राजनीतिक दलों ने विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर सबकी सहमति से ठीक से चलाने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कहा था कि वे उपयोगी शीतकालीन सत्र को लेकर उत्सक हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों से पिछले सत्र की ही तरह संसद के शीतकालीन सत्र को भी उपयोगी बनाने की अपील की है राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी आज ऊपरी सदन में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल का उदघाटन कर पेराई सत्र का शुभारंभ किया यह चीनी मिल वर्ष दो हजार ग्यारह से बंद पड़ी थी इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबाधित करते हये श्री योगी ने कहा कि जिस चीनी मिल को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था उसे उनकी सरकार ने नए सिरे से चलाया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिपराइच चीनी मिल के श्रभारंभ से गोरखपुर क्षेत्र के लोगों का सपना पूरा हो गया है इस मिल को शुरू कराने के लिए पूर्व में उन्होंने स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया था उन्होंने कहा कि मिल की पेराई क्षमता पहले की अपेक्षा कई गना बढाई गयी है अब इस मिल में आठ हजार कृतल के बजाय पचास हजार कृतल गन्ने की पेराई प्रतिदिन होगी मिल में बिजली उत्पादन संयंत्र भी लगाया गया है जो सत्ताइस मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों पर गन्ना किसानों का छह छह साल का भूगतान बकाया रहता था लेकिन उनकी सरकार ने गन्ना किसानों को छिहत्तर हजार करोड रूपये का बकाया भुगतान किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष दो हजार चौदह में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और इसे साकार भी किया आज केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा किसानों की आय बढ़ी है फसलों का न्यूनतम समर्थन मुल्य भी बढाया गया है इस अवसर पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि नई चीनी मिल की पेराई क्षमता पवास हजार कुंतल प्रतिदिन है जिसे बढ़ाकर पचहत्तर हजार कुंतल प्रतिदिन तक किया जा सकता है उन्होंने कहा कि पिपराइच चीनी मिल से करीब आठ हजार पांच सौ लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज लखनऊ में सम्पन्न हयी बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हये बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने बताया कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजुर नही है उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में नयी मस्जिद के लिये नही गये थे मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर अपने अधिकार के लिये मुकदमा दायर किया था उन्होंने कहा कि हमारे अधिवक्ता ने बताया है कि हम तीस दिन के अन्दर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं इस मामले में सभी पक्षकारों के पास यह अधिकार है